मुख्यमंत्री ने कहा त्यौहारी सीजन सर्दी के मौसम और प्रदूषण के कारण आगामी तीन माह कोविड की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण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

उपमहापौर के लिए नामांकन पत्र ग्यारह बजे तक पेश किये जा सकेंगे दोपहर बाद दो बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे यदि आवश्यक हआ तो मतदान ढाई बजे से पांच बजे तक करवाया जाएगा मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा इससे पहले कल महापौर का चुनाव हुआ जयपुर हेरिटेज जोधपुर उत्तर और कोटा के दोनों निगमों उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस के मेयर बने हैं भारतीय जनता पार्टी को जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण में बोर्ड बनाने में सफलता मिली है जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर जोधपुर उत्तर में कृंती परिहार कोटा उत्तर में मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल मेयर बने हैं वहीं जयपुर ग्रेटर में भाजपा की सौम्या गुर्जर और जोधपुर दक्षिण में वनिता सेठ मेयर के पद पर काबिज हई हैं

इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के चेयरमैन अजिताभ शर्मा ने कल एक वेबिनार में बताया कि कोटा शहर के दस हजार घरों में पाइप लाइन से घरेलू गैस का वितरण जारी है उन्होंने राज्य में पाइप लाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के कार्य को गति देने की जरूरत पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने मास्क के लिए जनआंदोलन जैसा कार्येक्रम प्रारंभ किया है साथ ही प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता के लिए कानून भी लाया गया है बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कहा कि सर्दी में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए विभाग पूरी तैयारी रखे

वहीं मृतकों का आंकड़ा दो हजार के पार हो गया है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

भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलमार्ग को बाधित किया हुआ है वहीं बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग भी अवरूद्व है हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि आंदोलन के चलते राजस्थान रोडवेज बसों का संचालन करौली हिण्डौन मार्ग पर बंद कर दिया गया है वहीं करौली गंगापुर मार्ग पर जयपुर के लिए बसों का संचालन सुचारू है

हादसे में छह श्रमिक घायल हो गए हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था इस दौरान यह हादसा हुआ सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया घायलों को एम्स और मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा गया